सुषमा स्वराज ने ये आश्वासन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को टैलिफोन पर हुई बातचीत के दौरान दिया मुख्यमंत्री ने आज ही इस मामले में विदेश मंत्री से बातचीत की और बंधक बनाए गए हिमाचलियों की रिहाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया

इन्हें विदेश भेजने वाले एजेंट के खिलाफ सुंदरनगर पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रदेश की बाहय सहायता प्राप्त निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य समयबद्व पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं वे आज शिमला में परियोजनाओं की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने संबधित विभागों और बाह्य वित्त पोषण ऐजेंसियों को तालमेल से कार्य करने की सलाह दी जयराम ठाकुर ने विकासात्मक परियोजनाओं के कियान्वयन में गुणवत्ता बनाए रखने पर भी बल दिया मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को सभी बाहय सहायता प्राप्त परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और इन्हें तय समय अवधि में पूरा करने का आश्वासन दिया बैठक में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे भेंट मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज शिमला में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से भेंट की इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कालका शिमला और पठानकोट जोगिन्द्रनगर रेलवे मार्गो पर रेल की गति बढ़ाने का आग्रह किया जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित पुराने बस अड्डे के समीप रेलवे भूमि पर एक व्यवसायिक परिसर सहित कार पार्किंग के निर्माण का अनुरोध भी किया

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने इस अवसर पर लोगों से बढ़ चढ़कर दान देने और सशस्त्र बलों के शहीद जवानों के परिवारों का साथ देने का आग्रह किया

अनिल शर्मा ने कहा कि ज़िला प्रशासन के सहयोग से ऊना में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहल हुई है और इससे भविष्य में उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों से मुक्ति मिलेगी और वे पावर ग्रिड के माध्यम से बिजली का उत्पादन भी कर सकेंगे

वीरेन्द्र कंवर पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है ऊना जिले के झलेड़ा में आज एक कार्यकम में उन्होंने किसानों से पुरानी पद्वति को छोड़कर वैज्ञानिक तकनीक अपनाने का आहवान किया

महाविद्यालय शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के अतिरिक्त भवन का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस महाविद्यालय का नाम मंत्रिमण्डल की मंजूरी मिलने के बाद गौरक्षनाथ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय रखा जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी तेजी से शिक्षा का विस्तार हुआ है और सरकार शिक्षा को गुणात्मक और व्यावहारिक बनाने के लिए प्रयासरत है शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में सात संस्कृत महाविद्यालय कार्यरत हैं इस मौके राजीव बिंदल ने शिक्षा मंत्री से क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत करने का आग्रह किया

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस पार्टी विधानसभा में नशे के खिलाफ विधेयक का समर्थन करेगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ठाक्र सुखविंदर सिंह ने शिमला से जारी एक बयान में राज्य सरकार द्वारा नशे के खिलाफ कड़ा कानून बनाने को लेकर विधानसभा में एक विधेयक लाने के निर्णय का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि यह देर से ही सही लेकिन सही दिशा में उठाया गया कदम है

उन्होंने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने को समय की सबसे बड़ी जुरूरत बताया है जनमंच मुख्य सचेतक और जनमंच कार्यक्रम के संयोजक नरेन्द्र बरागटा ने बताया है कि प्रदेश में कल दो दिसंबर को आठवां जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा उन्होंने पंचायतीराज संस्थानों के प्रतिनिधियों से लोगों को जनमंच में आने के लिए प्रेरित करने की अपील की है ताकि उनकी समस्याओं का घर द्वार पर समाधान हो सके नरेन्द्र बरागटा ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल शिमला जिला के रामपुर में जनमंच की अध्यक्षता करेंगे सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र कांगड़ा जिले के ज्वाली खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर सिरमौर के पच्छाद शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सोलन के नालागढ़ जबकि उर्जा मंत्री अनिल शर्मा बिलासपुर के झंडुता में जनमंच कार्यकम के दौरान जनसमस्याएं सुनेंगे इसी तरह शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी हमीरपुर के भोरंज में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार मण्डी के नाचन ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर चंबा के भरमौर वन मंत्री गोविंद ठाकुर कुल्लू के आनी और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल उना जिले के चिंतपूर्णी में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने वैज्ञानिकों से शून्य लागत प्राकृतिक खेती पर और अधिक शोध करने का आह्वान किया है ताकि भूमि की उपजाउ क्षमता को बचाया जा सके

आचार्य देवव्रत ने आधुनिक खेती के कारण बढ़ रही बीमारियों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि समय रहते इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए

इससे पहले राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के प्राकृतिक कृषि अनुसंधान केंद्र का भ्रमण कर कन्या छात्रावास का उदघाटन भी किया एड्स दिवस आज विश्व एड्स दिवस है यह एचआईवी से संगठित होकर लड़ने एचआईवी पीड़ित लोगों के साथ सहानुभूति और एचआईवी एड्स जैसी बिमारी से मरने वालों के प्रति श्रद्वांजलि देने का दिन है इस अवसर पर प्रदेश भर में भी कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए सांसद शांता कुमार ने कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थुरल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि विश्व एड्स दिवस का मुख्य उददेश्य लोगों को एचआईवी जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित करना है उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने का आहवान किया इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि हिमाचल देश भर में सबसे कम एचआईवी रोगियों वाला प्रदेश है

उधर चंबा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाई डी शर्मा ने एड्स दिवस पर स्कूली बच्चों और नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं की जागरूकता रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया कुल्लू की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पीज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जागरूकता शिविर लगाया जिसमें विद्यार्थियों को एचआईवी एड्स के संबंध में जानकारी दी गई गोविंद वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू जिले में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत मंजूर किए गए विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए है कुल्लू में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि उपयोजना का कुल बजट अगले वर्ष मार्च तक खर्च होना चाहिए गोविंद ठाकुर ने कहा कि इस उपयोजना का मुख्य उददेश्य अनुसूचित जाति बाहुल क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास और इस वर्ग के लोगों का उत्थान करना है